आकाशवाणी केन्द्र शिमला में आज आकाशवाणी संवाददाताओं की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट डालना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होने के साथ साथ दायित्व भी है देवेश कुमार ने कहा कि वोट न डालने का ऐलान करना समस्या का हल नहीं है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भाग लेना चाहिए

मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि स्वच्छता के लिए सभी शहरी निकायों में गठित वॉर्ड कमेटिर्यो की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और इन कमेटियों के माध्यम से ठोस व तरल कड़ा अलग अलग करने के बारे में जागरूक किया जाए मुख्य सचिव आज धर्मशाला में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर शहरी निकायों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आर्योजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक में शहरी निकायों में ठोस कड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी निकायों के लिए ठोस कृड़ा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए निर्धारित मापदंडो को पूरा करना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता प्रहरी बनाया जाए ताकि वे अपने घरों में स्वच्छता को लेकर अमिभावकों और आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें मुख्य सचिव ने खड्डों व नदियों में कूड़ा पहुंचने से रोकने के लिए आवश्यक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज और राजीव सहजल ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने से पहले ये स्पष्ट करे कि वह देश की सेना के साथ खडी है या फिर अलगाववादियों के साथ

उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं और नक्सलवाद के लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेवार रही हैं भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान योजना से हिमाचल के हजारों किसानों को लाभ पहुंचा है रामस्वरूप मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी का एजैंडा विकास विरोधी है और वे भ्रामक व झूठे वायदे करने सत्ता पाने का षडयंत्र कर रही है रामस्वरूप शर्मा अपने चुनाव प्रचार के दौरान सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपा विकास में विश्वास रखती है और पूरे प्रदेश का समान विकास किया जा रहा है उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से विभिन्न विकास योजनाओं पर करोड़ों रूपये खर्च किए गए पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल ने कहा है कि चुनाव में जन सर्मथन जुटाने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है काजल ने आज कांगड़ा के मटौर में चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह कल रविवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान विधिवत तौर पर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से आरंभ करेंगे उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे गलत बयानबाजी कर मतदाताओं को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर पर सांसद शांता कुमार के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का भी आरोप लगाया मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर की उंची पहाड़ियों पर आज दोपहर बाद से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जबकि लाहौल घाटी के निचले इलाकों में सर्दियों के बाद आज पहली बार हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम में ताजा बदलाव से घाटी में फिर से शीतलहर बढ़ गई है कुल्लू और चंबा में भी आज तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई जबकि राज्य के कई अन्य स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे

इस दौरान उंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है